मुख्यमंत्री कल शिमला से प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना सह प्रभारी संजय टंडन और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ आयोजित वर्चअल बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी का मुख्य लक्ष्य राज्य में भाजपा सरकार का मिशन रिपीट है जयराम टाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की ई विस्तारक योजना प्रदेश में पार्टी के आधार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि अविनाश राय खन्ना राज्य के अनुभव से प्रदेश भाजपा को बहुत लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला स्थित राज्य सचिवालय में प्रदेश सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित किए जाने वाले समारोह को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे

इसके अलावा वे रिज मैदान से मोबाइल मेडिकल यूनिट के दस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे निधन पूर्व भाजपा विधायक चन्द्र सेन ठाकुर का कल शाम उनके पैतुक निवास स्थान दशाल गाँव में निधन हो गया जानकारी के अनुसार तीन दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पोजिटिव आई थी और वे घर पर ही आइसोलेट थे

उनके निधन पर कुल्लू जिला के भाजपा नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंद्र सेन ठाकुर के असामायिक निधन पर गहरा दुख जताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है

इनमें सर्वाधिक दो सौ मामले शिमला जिला से सामने आए हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सीयू को लेकर सार्वजनिक मंच पर जयराम और अनुराग में दिखी तल्खी दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सीयू पर भाजपा नेता आमने सामने दैनिक भास्कर मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए देहरा व धर्मशाला की डीपीआर एक साथ तैयार होगी

अमर उजाला की एक खबर है इलाज करने अब आपके घर द्वार आएगा चलता फिरता अस्पताल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम के निधन से जुड़ी खबर भी सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं

दिव्य हिमाचल के अनुसार स्कूलों में पहली दिसंबर से सेकेंड टर्म एग्ज़ाम

कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के हवाले से आपका फैसला लिखता है प्रदेश में हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना आरंभ मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है मनाली में सीजन का सबसे ठंडा दिन माइनस एक दशमलव पांच डिग्री में पर्यटकों से घाटी गुलजार अजीत समाचार के मुताबिक लाहौल स्पीति किन्नौर व कुल्लू में पारा शून्य से नीचे आपका फैसला का कहना है प्रदेश में कल फिर से बर्फबारी के आसार ठंड का प्रकोप बढ़ा